चण्डीगढ़ में आज हिमाचल महासभा के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं के लिए आम जनता के सुझावों के अनुसार ही प्राथमिकताएं तय कर रही है मुख्यमंत्री ने इस दिशा में चण्डीगढ़ में रहने वाले हिमाचली नागरिकों से भी सुझाव देने का आग्रह किया हिमाचल महासभा के अध्यक्ष सतीश कुमार ने सभा के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार से भवन निर्माण के लिए जल्द भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया

इसके तहत मंत्रिमंडल सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर जनसमस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने ऊना के हरोली सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने चंबा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन जिले के दाड़लाघाट ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने घुमारवीं जबकि शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शिलाई क्षेत्र में कार्यक्रम की अध्यक्षता की इसी तरह कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने ठियोग स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने जसवां परागपुर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बल्ह परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने नादौन और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कुल्लू में कार्यक्रम में शिरकत की खराब मौसम के चलते किन्नौर और लाहौल स्पिति में जनमंच कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया शहीद किन्नौर ज़िले में ग्लेशियर की चपेट में आने से शहीद हुए सोलन ज़िले के जवान राजेश ऋषि का आज नालागढ़ क्षेत्र में उनके पैतृक गांव जगतपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया शहीद राजेश ऋषि के भाई ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुए अंतिम संस्कार से पहले सेना और पुलिस के जवानों ने शहीद को सलामी दी ज़िला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी विवेक चंदेल ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी

शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में सुशासन के लिए लगातार पहले स्थान पर आंका गया है बैठक में सरकार की प्रमुख घोषणाओं आश्वासनों बजट व सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों सहित विभिन्न सेवाओं को लेकर सभी निदेशालयों और फील्ड कार्यालयों की हर महीने समीक्षा करने का निर्णय लिया गया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतत्व में केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को लाभ पहंचाया है